प्रतिदिन दो पारियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है उम्मीदवारों के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच की जाएगी और निर्घारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी इस संबंध में सूचना उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा रही है

प्रत्येक पारी के बाद अगली पारी शुरू करने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनेटाइज किया जायेगा पीएम कच्छ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है प्रधानमंत्री खारे पानी को साफ करने के संयंत्र सरहद डेरी के पूरी तरह स्वघचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखेंगे इस संयंत्र से तीन सौ गांवों की करीब आठ लाख जनसंख्या के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी

मुल्य सुचकांक विनिर्मित पदार्थों का मूल्य बढने से देश में नवम्बर महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढकर एक दशमलव पांच पांच प्रतिशत पर पहंच गई सरकार की ओर से जारी आंकडों के अनुसार इस दौरान खाद्य पदार्थों के दाम घट गए गौरतलब है कि फरवरी महीने में इस वर्ष थोक मूल्य् सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दो दशमलव दो छह प्रतिशत दर्ज हुई थी इसके बाद से मुद्रास्फीसति में सर्वाधिक वृद्धि नवम्बर महीने में हुई किसान चौपाल भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज केंद्र सरकार द्वारा नये कृषि कानूनों के समर्थन में किसान चौपाल आयोजित किया जायेगा प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इसमें किसानों को नवीन कृषि विधेयकों से मिलने वाले लाभों से अवगत कराया जायेगा किसान चौपाल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद वीडी शर्मा संबोधित करेंगे चिटफंड सुनवाई विदिशा जिले में चिटफंड कंपनियों सायबर फ्राड भू माफियाओ द्वारा लोगों से की गई घोखाघडी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही जिले के सभी थानो व एसडीओपी कार्यालयों में एक साथ विशेष शिविर लगाए जाएंगे उप पुलिस अधीक्षक संजय साह ने बताया कि चिटफंड माइक्रो फायनेंस समेत अन्य कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ की गई घोखाघडी तथा बैंक खातों से धोखाघडी करके राशि का आहरण किया जाना मोबाइल पर ओटीपी भेजकर बैंक खातों से पैसों का आहरण या स्थानांतरण करने के अलावा भूमाफिया द्वारा धन लेकर प्लाट मकान नही देने जैसी शिकायतें शामिल हैं

जिले में अभी तक चवालीस हजार दो सौ इकसठ लोग कोरोना संकमण से मुक्त हो चुके हैं

निवाड़ी जिले में कोविड वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत मास्क पहनने हाथ धोते रहने जैसे उपायों के प्रति लोगों को जागरुक किया जा रहा है कटनी जिले में आज पल्स पोलिया अभियान और कोविड वैक्सीन लगाने के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक होगी जन आंदोलन जाने माने बास्केटबाल खिलाड़ी रुद्राक्ष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव को संबोधित करते हए श्री नकवी ने कहा कि देश में सरकार समाज सिनेमा और मीडिया ने कोरोना महामार्री के दौरान साहस प्रतिबद्धता और सचेत रहने के प्रति असाधारण भूमिका निभाई

यह लघ फिल्में कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षा उपाय देखभाल और जीवन शैली पर आधारित हैं हनुवंतिया खंडवा जिले के हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है

इस कार्यक्रम के प्रसारण की भी व्यवस्था की जायेगी खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बताया कि हनुवंतिया में यह जल महोत्सव एक महीने तक चलेगा मौसम प्रदेश में पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर गिर रहे मावठे से सर्दी का अहसास बढ़ चला है मोपाल सहित कई जिले पूरी तरह से कोहरे के आगोश में है कटनी और रायसेन में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि मावठे की बारिश रबी फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी कुछ कम होना शुरू होगी इससे दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी साथ ही रात के तापमान में गिरावट होगी बादल छंटने के बाद चलने वाली ठण्डी हवाओं से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना है मौसम विभाग ने इंदौर उज्जैनअशोकनगर ग्वालियर गुना छतरपुर रायसेन विदिशा भोपाल राजगढ़ जबलपुर होशंगाबाद और सीहोर जिले में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है गांजा जब्त अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरूद्व पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है